श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने तेज गति से काम किया है इसका परिणाम है कि देश की जनता ने इसे देखा और देखने के बाद उसी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए हमें फिर से सेवा का मौका दिया श्री मोदी ने कहा कि हम आने वाले दिनों में सौ लाख करोड़ की अधोसंरचना योजना लेकर आगे बढ़ रहे हैं अधोसंरचना में विकास से अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा कोरोना वायरस चीन में फैले कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए राज्य सरकार ने व्यापक कदम उठाये हैं राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि होटलों और हवाईअड्डो पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की पहचान करके उनसे उनके आने जाने और रुकने की पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से हासिल की जाए सांची और बांधवगढ़ सहित राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चिकित्सा आउट पोस्ट स्थापित किए गए हैं जहां पर्यटकों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बताया जा रहा है इसके अलावा राज्य सरकार ने आम जनता को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है

अनूपप्र में भी चीन से लौटी एक छात्रा के सैम्पल डाक्टरों ने जांच के लिए पुणे भेजे हैं यहां के जिला अस्पताल में पांच बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहां चीन से लौटे लोगों को चौदह दिन की निगरानी में रखा गया है धार कार्यवाही धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र में कल भीड़ द्वारा की गई मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री कमनलाथ के निर्देश के बाद पुलिस ने आज पांच आरोपिओं को गिरफ्तार कर लिया है जबकि इस मामले में अपर महा निदेशक विवेक शर्मा ने मनावर टीआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है गौरतलब है कि उज्जैन के छह लोगों पर कल भीड़ ने हमला कर दिया था जिसमें एक की मौत हो गयी तथा पांच अन्य घायल हो गए थे घायलों को इंदौर में भर्ती कराया गया है स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट आज अस्पताल में घायलों से मिलने भी पहुंचे वहीं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस घटना को प्रमुखता से उठाकर सरकार से इस मामले में जवाब मांगेग बेटी बचाओ श्योपुर जिले के लिए एक अच्छी खबर है यहां लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है लगातार बेटियों की घटती संख्या शासन प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई थी

राजधानी भोपाल में भी आज सुबह से आसमान में हल्के बादल छाए हए है बादलों के बीच सुरज की लुकाछिपी जारी है

सर्दी का एक और दौर कल से शुरू होने की संभावना है

शिवपुरी में भी इस दौरान लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा